जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनूठा अभ्यास है आकाशवाणि से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया

एक बार इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सम्रचा विश्व भारत की ओर देख रहा है जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की पहल की है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग अगले महीने की दो तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से मुक्ति पाने के अभियान में बड़ी संख्या में शामिल होंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से तंबाक्र छोड़ने और ई सिगरेट के छलावे में नहीं आना की भी अपील की प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही आज से त्यौहारों का मौसम शुरु हो गया है उन्होंने लोगों से इस मौसम में उदारता बरतते हुए उन वस्त्रओं का दान करने का अन्ररोध किया जिसे वे उपयोग में नहीं ले रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की वस्तुओं को गरीबों और वंचित लोगों के साथ साझा करने की जरुरत है श्री मोदी ने तनावमुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से उनके अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के रोइंग की एलिना तायेंग़ का जिक्र करते हुए कहा कि वे इन सुझावों को अपनी पुस्तक एग्जम वेरियर के अगले संस्करण में शामिल करने का प्रयास करेंगे अपने संबोधन में श्री मोदी ने प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ हुई अपनी बातचीत को भी साझा किया और कहा कि वे भारत की प्रगति को लेकर काफी उत्सुक और तत्पर हैं स्थाई खाता संख्या पेन को आधार से जोड़ने की समय सीमा ईकतीस दिसंबर तक बढ़ा दी गई है पहले यह तीस सितंबर था केंद्र सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यों के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य है पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रुप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमैट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का दर्शन सार्वभौमिक और हमेशा के लिए उपयुक्त है राज्यपाल ने महात्मा गांधी के दो सिद्धांतों सत्य और अहिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अहिंसा के विचार मानव कल्याण के लिए थे न कि बुराई के आगे अपने को कमजोर साबित करने के लिए

केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज ईस्ट सियांग जिले के बोदक रानाघाट सहित पासीघाट के निकट के मनोरम पर्यटन स्थलों का दौरा किया श्री पटेल ने पासीघाट के डांगरिया बाबा मंदिर में प्रजा अर्चना की श्री पटेल ने कहा कि लोहित जिले के परशुराम कुंड को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है राज्य के प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य में संपर्क सुविधा का विकास होने से पर्यटन बढ़ेगा